पांच लाख का अनुदान और पचास प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जायेगी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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षो के दौरान बीस लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है इसके तहत बेरोजगारों को सरकार पांच लाख का अनुदान और पचास प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी आज की कैबिनेट बैठक में कुल पन्द्रह प्रस्तावों पर मुहर लगी है गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ये दोनों वायदे किये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की रूप रेखा अभी तय नहीं हुई है श्री कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी भाजपा नेतृत्व से इस विषय को लेकर कोई बात नहीं हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार किसानों की हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार है श्री मोदी गुजरात में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि अनुबंध खेती के तहत किसी भी किसान की जमीन नहीं ली जायेगी

नई दिल्ली में तमिलनाडु तेलंगाना महाराष्ट्र और बिहार के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेगी

इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वह क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रयास किये हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ायेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार किसानों और किसान यूनियनों के सकारात्मक सुझावों पर बातचीत के लिए तैयार है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि अधिकतर परिस्थितियों में जब लोगों को समझाना कठिन होता है तो वे भ्रम के कारण बहक जाते हैं उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित कुछ व्यक्ति कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात्मक सुझाव को स्वीकार करेगी भारतीय रेलवे ने आज से इक्कीस रेलवे भर्ती बोर्डो के माध्यम से लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के दो करोड़ चौवालीस लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे परीक्षा का पहला चरण आज शुरू हुआ जो अट्ठारह दिसंबर तक चलेगा दूसरे चरण में गैर तकनीकी यानि एनटीपीसी श्रेणियों के लिए अट्ठाईस दिसंबर से मार्च दो हजार इक्कीस तक भर्ती अभ्यिान चलेगा जबकि तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जायेगी रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाना मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है परीक्षा केंद्रों को बार बार सैनेटाइज भी किया जायेगा इस संबंध में सूचना अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा रही है विधानसभा की नवगठित समितियों की पहली बैठक सोलह और सत्रह दिसम्बर को होगी विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति निवेदन समिति याचिका समिति समेत कई अन्य समितियों की बैठक सोलह दिसम्बर को जबकि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति आचार समिति सहित कई अन्य समितियों की बैठक सत्रह दिसम्बर को होगी केन्द्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है कोविड उन्नीस वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा

कोविड वैक्सीन इनटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग टीकाकरण के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा

क्षेत्र में विभिन्न वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए

अब तक दो लाख सैतीस हजार नौ सौ छियानवे मरीज स्वस्थ हुये हैं प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के चार हजार नौ सौ उन्नीस सक्रिय मामले हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ बहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख चौवालीस हजार दो सौ पैंतालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ बासठ नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं नालंदा में इकतालीस मुजफ्फरपुर में उनतालीस सारण में तेईस भागलपुर सहरसा और गया में अठारह अठारह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं देश में कोविड से ठीक होने की दर पंचानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौतीस हजार चार सौ सतहत्तर रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल चौरानवे लाख बाईस हजार संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं इस समय देश में तीन लाख उनचालीस हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाईस हजार से अधिक नए मामले सामने आए दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ सावधानी हटनी नहीं चाहिए आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचाव के लिए ऐहतियाती उपाय अत्यंत आवश्यक हैं

मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके डिजिज के बारे में पढिये लोगों से बात कीजिए मालूम कीजिए और जब भी आपके पास ये फैसीलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहा मौसम वैज्ञानिक शत्र्घ्न कुमार मंडल ने बताया कि चक्रवातीय संचलन के प्रभावी होने के कारण अगले एक दो दिनों में दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बूंदा बांदी होगी वहीं उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा

श्री कुमार ने वैशाली दौरे के क्रम में कहा कि भागवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेष वैशाली में मिले थे जिसका स्मृति स्तूप अब पत्थर से बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि पर्यटक बोध गया आते हैं और वहां से राजगीर चले जाते हैं लेकिन अब इन पर्यटकों को वैशाली से जोड़ने के लिए राज्य और केन्द्र की सरकार प्रयास कर रही है

बैठक में दफादार चौकीदारों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किया

पांच लाख का अनुदान और पचास प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जायेगी